स्लग कांग्रेस की तैयारी कांग्रेस ने उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नैनीताल से और मनीष खंडूरी को गढ़वाल से उम्मीदवार बनाया है साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह को टिहरी राज्यसभा सदस्य प्रदीप टम्टा को अल्मोड़ा और अंबरीश कुमार को हरिद्वार से चुनाव मैदान में उतारा है प्रदेश कांग्रेस महासचिव विजय सारस्वत ने बताया कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान उनके साथ रहेंगे श्री सिंह और नेता प्रतिपक्ष इन्दिरा हृदयेश कल यानि नामांकन के आखिरी दिन पौड़ी नैनीताल हरिद्वार और देहरादून में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे

चुनाव में जीत के लिए सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है और स्टार प्रचारकों की फेहरिस्त तैयार की है

पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अरुण जेटली नितिन गडकरी उमा भारती निर्मला सीतारमण स्मृति ईरानी जेपी नड्डा राज्यवर्धन सिंह राठौर थावर चंद गहलोत राज्य के सभी पांचों लोकसभा क्षेत्रों में जन सभाएं करेंगे

यह नैनीताल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत है यहां से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को प्रत्याशी बनाया गया है

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अम्बिका सोनी गुलाम नबी आजाद नवजोत सिंह सिद्ध अहमद पटेल आनन्द शर्मा अशोक गहलोत अमरिन्दर सिंह वीरभद्र सिंह सुशील कुमार शिंदे कमल नाथ कुमारी शैलजा ज्योतिरादित्य सिंधिया भंवर जितेन्द्र सिंह सचिन पायलट राज बब्बर रणजीत सिंह सुरजेवाला अनुग्रह नारायण सिंह राजेश धर्माणी मनीष तिवारी सलमान खुर्शीद शामिल हैं इसके अलावा प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है स्लग चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री त्रिवेंन्द्र सिंह रावत ने चम्पावत जिले के टनकप्र में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए चुनाव प्रचार किया उन्होंने एक जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां बताई उधर रुद्रपुर में आयोजित लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपनी जीत का दावा किया वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने भी प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया है

निर्वाचन आयोग ने जिले वार अतिसंवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिह्नित किया है प्रदेश में छह सौ उनसठ पोलिंग बूथ अतिसंवेदनशील और छह सौ अस्सी बूथ संवेदनशील श्रेणी में हैं मतदान के दिन इन बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे देहराद्न उधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों में सबसे अधिक अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं जबकि टिहरी और उत्तरकाशी में कोई भी अति संवेदनशील पोलिंग बूथ नहीं हैं स्लग झंडा आरोहण देहरादून के ऐतिहासिक श्री दरबार साहिब में कल श्री झंडे जी के आरोहण के साथ झंडे जी का मेला श्रू हो रहा है इस मौके पर देश विदेश के लाखों श्रद्वालु पहुंच रहे हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित देश के अनेक हिस्सों से हजारों की संख्या में श्रद्वालु श्री दरबार साहिब पहुंच चुके हैं श्री दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास महाराज ने संगतों को दर्शन देकर उन्हें श्री गुरु महाराज के बताये रास्ते पर चलने का संदेश दिया

चुनाव पाठशाला के तहत प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया ईवीएम वीवीपैट आदि से संबंधित जानकारी दी गयी यूथ पावर इज बूथ पावर और सैलीब्रेट डेमॉक्रसी विद डिगनिटी के तहत यूवा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ लोकतन्त्र में युवाओं की भूमिका के बारे में समझाया गया सभी कार्यक्रमों में मतदाताओं को मतदान शपथ भी दिलाई गयी देहारादून में राज्य पैरा ओलम्पिक खिलाड़ियों ने भी मतदान की शपथ ली पिथौरागढ़ की चुनाव पाठशाला में सांप सीढ़ी खेल के जरिये युवा मतदाताओं को जागरूक किया गया स्वीप स्टेट नोडल ऑफिसर मोहम्मद असलम ने खासतौर पर पिथौरागढ़ के प्रयासों को सराहा उन्होंने सभी जिलों की स्वीप टीमों को भविष्य के कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया

आयोग ने मीडिया को परामर्श जारी किया है जिसमें वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को पहली बार शामिल किया गया है

परामर्श में मतदान पूर्व सर्वेक्षण और बहस विश्लेषण शामिल हैं आयोग का कहना है कि वह चुनान की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रसारण पर निगरानी रखेगा

हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक रावत ने अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी को गंभीरता से लेने के निर्देश दिये हैं ब्रथों की तैयारी की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किये जाएंगे उधर टिहरी जिले में नियुक्त पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया गया जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में मास्टर ट्रेनरों ने मतदान शुरू होने से पहले मतदान के दौरान और मतदान के बाद पीठासीन और मतदान अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार के बारे में बिंदुवार जानकारी दी अल्मोड़ा में पीठासीन और मतदान अधिकारियों को ईवीएम मशीनों की जानकारी दी गयी स्लग मतदाता जागरूकता उत्तरकाशी में मतदाता जागरूकता के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने कल शाम रिवर फ्रंट पार्क में चौपाल लगाकर मतदाताओं से सीधा संवाद किया इस दौरान मतदाताओं को वोट का महत्व बताते हुए मजबूत लोकतंत्र के लिए शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की गई चौपाल में आपसी संवाद में यह निष्कर्ण निकला कि जब जनता जागरूक होकर मतदान करेगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा देश और समाज का सर्वांगीण विकास होगा जन संवाद में मतदाताओं की राय थी कि वोट की चोट से लोकतंत्र की खोट को दूर किया जा सकता है

दुली गाड़ प्रवेश द्वार पर देवी मां की पूजा अर्चना के बाद मेले का शुभारंभ किया गया मेले के पहले दिन कल एक लाख से अधिक श्रद्दालुओं ने मां के दर्शन किये उद्वघाटन के मौके पर कुमाऊं का प्रसिद्ध छोलिया नृत्य श्रद्वालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा मेले में पहले ही दिन यात्रियों के भारी संख्या में पहुंचने से यातायात व्यवस्था को मुश्किल से सुचारु किया गया

हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट के अनुसार इस वर्ष भारी बर्फबारी के कारण कपाट खुलने की तिथि को आगे बढ़ाया गया है